भारत ऊर्जा फोरम का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा पूरी दुनिया को नई शक्ति देगी प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे प्रयासों में प्रमुख है और देश के ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को मजबूत करने की दिशा में सर्वाधिक सक्रिय प्रयास करने वाले देशों में है कैबिनेट प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आयोजित होगी समझा जाता है कि बैठक में स्कूलों को खोलने और कॉलेज के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा इसके अलावा बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं राजिन्द्र गर्ग खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उन्होंने कल बिलासपुर जिले के घुमारवीं में विभिन्न पंचायतों के पश् पालकों को बकरी चारे के बैग और डेयरी किसानों को मिनी किटें वितरित कीं

उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कल मंडी में एक बैठक में ये जानकारी दी

अमर उजाला की सुर्खी है अब घर पर जाकर आइसोलेट मरीजों का इलाज करेंगे डॉक्टर कोरोना को मात देकर लौटे सीएम ने दिए निर्देश दैनिक भास्कर लिखता है कोविड केंद्रो में गरम पानी और पौष्टिक खाना दें हीटर व टीवी का भी हो प्रबंध हिमाचल दस्तक के शब्द हैं शादियों में आने वाली भीड़ पर रखें नजर आपका फैसला का कहना है आइसोलेशन में रह रहे सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच होगी

पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल में दो महिलाओं की कोरोना वायरस से मौत

अमर उजाला की एक खबर है धर्मशाला में खुलेगी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी साइना नेहवाल से होगा करार हिमाचल दस्तक ने वन मंत्री राकेश पठानिया के हवाले से लिखा है कांगड़ा की जरूरत है नूरपुर पालमपुर और देहरा को जिला बनाना प्रदेश के उच्चपर्वतीय क्षेत्रों में हुए हिमपात की खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है लाहौल के रिहायशी इलाकों में सीजन का पहला हिमपात शीतलहर बढ़ी पंजाब केसरी के शब्द हैं रोहतांग दर्रा बर्फ के फाहों से हआ सराबोर दैनिक जागरण लिखता है पहाड़ों पर बर्फबारी मैदानों में बढ़ी ठंड अजीत समाचार का कहना है लाहौल स्पीति में ताजा हिमपात आपका फैसला के मुताबिक प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी से बढ़ी ठंड